सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए सदन ने अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड विधेयक दो हजार अट्ठारह धवनिमत से पारित कर दिया इससे कर्मचारी चयन बोर्ड गठित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो राज्य में वर्ग सी के सभी पदों पर भर्ती करेगा सरकार ने इससे पहले सभी विभागों को वर्ग सी के पद के लिए दिए गए किसी भी विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया था क्योंकि अब बोर्ड ही इसके लिए चयन करेगा मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने विधानसभा में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन से राज्य के प्रत्येक योग्य उम्मीदवार को समान अवसर मिलेगा उन्होंने सदन को बताया कि विधेयक में प्रत्येक जिले के लिए कोटे का प्रावधान किया गया है श्री खाण्ड्र ने कहा कि बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया में कोई साक्षात्कार नही होगा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को सीधे भर्ती किया जाएगा विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष तुमके बागरा ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया इससे पहले सदन ने अरुणाचल प्रदेश जिला पुर्नगठन विधेयक दो हजार अटठारह पारित किया था इससे तीन और जिले लेपा राडा शी योमी और पाक्के केसांग अरुणाचल प्रदेश में जिलों की सूची में शामिल हो गए जिससे उनकी संख्या पच्चीस हो गई विधि आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी मसौदे रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है आयोग ने कहा है कि देश में लगातार चुनाव प्रक्रिया से बचने का एकमात्र समाधान यही है आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चूनाव साथ साथ कराने के लिए संविधान और चूनाव कानून में बदलाव की सिफारिश की है रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव से सरकारी धन बचेगा प्रशासन तथा सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सकेगा इसके साथ ही विधि आयोग ने यह भी कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चूनाव कराना संभव नहीं है वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी ने भारत को कर चुकाने में विश्वास रखने वाला समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा किया है उन्होंने कहा कि नोटबंदी का सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था की और अधिक औपचारिक रुप ग्रहण करने अधिक कर राजस्व अधिक परिव्यय तथा उच्च विकास दर में दिखाई देता है फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने इस दावे को खारिज कर दिया कि अधिकांश प्रतिबंधित नोटों के बैंको में वापस लौट आने से नोटबंदी विफल हो गई है उन्होने कहा कि केवल नकदी जमा होने से यह नही मान लिया जाना चाहिए कि यह कर चुनाके के बाद जमा किया गया धन है श्री जेटली ने कहा कि जो नोट बैंको में जमा नहीं किये गये है उन्हें अवैध घोषित करना ही नोटबंदी का एकमात्र मकसद नहीं था नोटबंदी के बाद करीब अट्ठारह लाख जमाकर्ताओं की पहचान प्रछताछ के लिए की गई है और उनमें से अनेक पर कर और जुर्माना लगाया जा रहा है विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि मार्च दो हजार चौदह में जहां तीन करोड़ अस्सी लाख़ आयकर रिटर्न दाखिल किये गए थे वही दो हजार सत्रह अटठारह में यह संख्या बढ़कर छह करोड़ छियासी लाख़ हो गई उन्होंने कहा कि कर संग्रह में दो हजार तेरह चौदह के छह लाख अड़तीस हजार करोड़ के मुकाबले दो हजार सत्रह अटठारह में दस लाख दो हजार करोड़ हो गया है अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायु सेना ने आज सुबह ईस्ट सियांग जिले की सियांग नदी में एक द्वीप पर फंसे उन्नीस लोगों को बचा लिया है ईस्ट सियांग जिले के उपायुक्त तामियो तातक ने बताया कि नदी के जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई है लेकिन इससे घबराने की जरुरत नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि जलस्तर में वृद्धि नदी के नीचे गाद होने कारण है नदी का जलस्तर आज सुबह सामान्य था और खतरे के निशान के नीचे बह रहा था नदी के कारण प्रभावित लोगों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है